सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में संबंधित पक्षों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानि राहत में बदलाव के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिये तीन दिन का समय दिया आज सुबह सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने कहा था मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी पक्षकार को आज के बाद और समय नहीं दिया जाएगा

बाद में इस समय सीमा को एक दिन पहले कर दिया गया

सभी जगह सुबह से ही मतदाताओं का रूख पोलिंग सेंटर की ओर हो गया था जो शाम तक निरंतर जारी रहा

नैनीताल जिले के औखलकांडा और बेतालघाट ब्लॉक में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लग गई थी इन क्षेत्रों के मतदाताओं का कहना था कि पलायन बड़ी समस्या बन गया है इसलिए वे ऐसे प्रत्याशियों को चाहते हैं जो उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए गांवों का विकास कर सकें पौड़ी जनपद के पोखड़ा रिखणीखाल नैनीडांडा और बीरोंखाल ब्लॉक में भी आज पंचायतों के लिए वोट डाले गए

चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में अंतिम चरण में हुए मतदान में महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

ज्यादातर बूथों पर महिलाएं सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंचने लगी थीं जबकि पुरूष मतदाता आमतौर पर दोपहर बाद ही मतदान के लिए निकले दिव्यांग वोटर्स ने भी उत्साह के साथ मतदान किया मगर उनके और बुजुर्ग मतदाओं के लिए समुचित व्यवस्था न होने से कहीं कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं ऊधमसिंह नगर जनपद के सितारगंज व खटीमा विकासखंड छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ जिलाधिकारी नीरज खैरवाल और एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने दोनों विकास खंडों में मतदान केंद्रों का जायजा लिया एसएसपी ने बताया कि एक जगह थोड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इस सिलसिले में कुछ लोगों को चिहिनत किया गया है जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया समेत अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया

विश्व खाद्य दिवस विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की शुरुआत की नई दिल्ली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सही नीति और क्रियान्वयन से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया कैम्पेन सफल साबित होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएआई ने खाद्य सुरक्षा मित्र एफएसएम योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अब इस महत्वपूर्ण परियोजना के काम में और तेजी आएगी

इस बांध के बनने से तराई भाबर के क्षेत्रों हल्द्वानी काठगोदाम और उसके आस पास के क्षेत्रों को ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा

हल्द्वानी और उसके आस पास के क्षेत्रों में नलकूपों का जल स्तर नीचे होने के कारण पानी की उपलब्धता में समस्या आ रही थी इससे एक तो रिचार्ज बढ़ेगा स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध होगा एवं भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा

इस बांध से भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नैनीताल को भी पानी दिया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ग्रेविटी वाटर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है

चार दिवसीय चलने वाले इस प्रदर्शनी में लोगो को गांधी जी के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी इस मौके पर रीजनल आउटरीच ब्यरो के अपर महानिदेशक नरेन्द्र कौशल ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उदेश्य आज की युवा पीढ़ी को महात्मा गांधी के इतिहास के बारे में बताना है उन्होने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता के सपने को पूरा करने के बारे मे लोगो को प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और देश को सुदंर व स्वच्छ रख कर वह भी महात्मा गांधी के सपने को साकार करने में भागीदार बन सकते है प्रदर्शनी देखने आए हुए छात्रो ने कहा कि इस डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से वह लोग गांधी जी के विचारो से रूबरू हो पाए है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के आह्वान का असर प्रदेश में देखा जा रहा है सिंगल सूज प्लास्टिक से पर्यावरण और स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं अल्मोड़ा में एक निजी संस्था ने ने सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टोर सेंटर बनाया है जागेश्वर महोत्सव में उपजिलाधिकारी भनोली मोनिका गर्ब्याल ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया वहीं नगर पालिका भी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है लोगों को बताया जा रहा है कि एक बार ही इस्तेमाल के लायक प्लास्टिक जैसे थैलियां छोटी बोतलें पाउच आदि सभी के लिए हानिकारक है प्लास्टिक की वजह से मिट्टी का कटाव भी होता है अल्मोड़ा महोत्सव अल्मोड़ा महोत्सव कल से शुरू हो रहा है तीन दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देश विदेश और प्रदेश के दिग्गज कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे महोत्सव के दौरान विभिन्न पर्यटन गतिविधियां संचालित कि जाएंगी जिनमें अल्मोड़ा मरचूला अल्मोड़ा सर्किट बाइकर रैली कोसी बैराज में इवेंट रॉक क्लाइम्बिंग इयेंट जिप लाइन इवेंट फ्लाइंग फॉक्स आदि गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अल्मोड़ा महोत्सव के पहले दिन कल कोसी मैराथन माउंटेन बाइक रैली का आयोजन किया जायेगा इसके अलावा मास्टर शेफ प्रतियोगिता शास्त्रीय और लोक नृत्य कार्यक्रम भी होगा